कल देर रात मंडी में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का पांच वर्ष का कार्यकाल देश के लिए स्वर्णिम दौर रहा है जयराम ठाक्र ने कहा कि भाजपा प्रदेश की चारों सीटें जीतेगी और पार्टी ने बिना किसी इंतजार के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा के उम्मीदवार तय होने के बाद अपने प्रत्याशियों का पैनल दोबारा दिल्ली भेजा है उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है पूर्व केन्द्रीय मंत्री पंडित सुखराम और उनके पौत्र आश्रय शर्मा द्वारा कांग्रेस में शामिल होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे उनका सम्मान करते हैं मगर किसी के आने जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा जयराम ठाकुर ने कहा कि पंडित सुखराम के सामने परिवार है जबकि हमारे सामने देश है और दोनों अलग अलग जरूरते हैं उन्होंने कहा कि पंडित सुखराम को समझना चाहिए कि अब समय बदल चुका है दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि पंडित सुखराम के पार्टी में शामिल होने से हिमाचल ही नहीं उत्तर भारत में पार्टी को ताकत मिलेगी उन्होंने कहा कि कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करती है माकपा माकपा ने लोकसभा चुनाव में मण्डी क्षेत्र से दलीप कायथ को चुनाव मैदान में उतारा है कुल्लू में कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सरकार पर क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए कोई ठोस नीति बनाने में विफल रहने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों और स्वास्थ्य केन्द्रों में अनेक पद रिक्त पड़े हैं जिससे इन सेवाओं पर विपरीत असर पड़ रहा है च्नाव आयोग लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक लोगों को वोट देने के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदेशभर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसी कड़ी में शिमला शहरी व ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में स्वीप गतिविधियों के तहत छात्राओं अध्यापकों और स्थानीय लोगों को मतदान की विभिन्न प्रकियाओं के बारे जागरूक किया गया इस दौरान राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला में विद्यार्थियों और घैणी व नीन पंचायतों में लोगों को वोट के महत्व के अलावा हस्ताक्षर अभियान चलाकर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने की शपथ दिलाई गई उधर हमीरपुर में नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा स्वीप कार्यकम के तहत नुक्कड़ नाटकों व गीत संगीत के माध्यम से वोट के महत्व और छुटे मतदाताओं को नाम दर्ज कराने के बारे जानकारी दी गई वहीं ऊना के झड़ोवाल में स्वीप कार्यक्रम के तहत लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया

शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद कल इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है

मांग लाहौल घाटी के जिस्पा और दारचा में मोबाइल टावर फरवरी माह से बंद होने के चलते संचार सेवाएं चरमरा गई हैं जिला परिषद सदस्य छिमेद लामो और बीडीसी सदस्य छेतन जंगमो की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मण्डल ने इस मामले को लेकर कुल्लू में दूर संचार अधिकारी एलएम नेगी से भेंट की उन्होंने विभाग से संचार सेवा जल्द दुरूस्त करने की मांग की है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम और उनके पोते आश्रय शर्मा के कांग्रेस में शामिल होने से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है सुखराम पोते आश्रय के साथ फिर कांग्रेस में शामिल मंत्री बेटा धर्मसंकट में पंजाब केसरी के शब्द हैं पोते को सांसद बनाने की चाह में पंडित सुखराम ने फिर थामा कांग्रेस का दामन दिव्य हिमाचल लिखता है पोते के साथ कांग्रेस में वापस लौटे सुखराम दैनिक जागरण का कहना है नई दिल्ली में राहुल गांधी की मौजूदगी में ली कांग्रेस की सदस्यता दैनिक भास्कर के अनुसार कांग्रेस ने भाजपा के गढ़ में लगाई सेंघ सुखराम ने फिर थामा हाथ हिमाचल दस्तक ने लिखा है पोते को कांग्रेस टिकट के लिए सुखराम ने फिर मार ली पलटी दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है डेढ़ साल बाद फिर हाथ के साथ पंडित सुखराम अजीत समाचार और आपका फैसला के एक जैसे शब्द हैं सुखराम पोते सहित कांग्रेस में शामिल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन को लेकर पंजाब केसरी की सुर्खी है शिमला मंडी में स्थिति साफ हमीरपुर कांगड़ा में अभी भी सहमति नहीं हिमाचल दस्तक लिखता है सुरेश चंदेल को कांग्रेस टिकट में रोड़े कांगड़ा में सुधीर व काजल पर फंसा पेंच दिव्य हिमाचल की एक अन्य खबर है आठ दिन बाद त्रियूंड की पहाड़ियों से सुरक्षित निकाला दिल्ली का छात्र अमर उजाला ने खबर दी है डाकघरों में अब मोबाइल ऐप से कर सकेंगे लेन देन एफडी पीपीएफ बिल का भुगतान और रिचार्ज करा सकेंगे पोस्टल पेमेंट बैंक से जुड़े उपभोक्ता